राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने किसानों को विविध कृषि गतिविधियों से आय बढ़ाने पर दिया जोर

हिमालय क्षेत्र में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश में कई स्थानों पर भारी वर्षा जनजीवन प्रभावित एप्पल फेस्टिवल मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने बागवानों का आहवान किया कि वे विश्व व्यापी प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए सेब की नवीन व आध्रनिक किस्में अपने बागीचों में लगाएं मुख्यमंत्री आज शिमला में शुरू हुए दो दिवसीय हिमाचल सेब उत्सव के मौके पर बोल रहे थे उन्होंने कहा कि सेब न केवल प्रदेश के कृषि और बागवानी क्षेत्र की रीढ़ है बल्कि इसमें पर्यटकों को आकर्षित करने की भी अत्यधिक क्षमता है मुख्यमंत्री ने इस मौके पर पर्यटन विभाग द्वारा बनाई गई दो सौ किलोग्राम की साढे चार फुट ऊंची सेब के केक को भी काटा इस सेब उत्सव का आयोजन प्रदेश पर्यटन विभाग और बागवानी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर किया गया है

मुख्यमंत्री ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज भरमौर विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर विभिन्न विकास कार्यो के उदघाटन और शिलान्यास करने थे लेकिन खराब मौसम के चलते उनका हैलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सका भरमौर के एसडीएम पृथी पाल सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री के भरमौर दौरे की अगली तिथि बाद में घोषित की जाएगी बीते रोज भी मुख्यमंत्री को चम्बा जिले के ही भटियात विधानसभा क्षेत्र का दौरा करना था लेकिन कल भी खराब मौसम के कारण उनका दौरा रद्द हो गया था निरीक्षण मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने आज शिमला के संजौली के समीप निर्माणाधीन हैलीपोर्ट और चौड़ा मैदान में निर्माणाधीन परिधिगृह के निर्माण कार्य का जायजा लिया उन्होंने इस मौके पर इन दोनों ही कार्यो को निर्धारित समय के भीतर पूरा करने के अधिकारियों को निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने कहा कि संजौली स्थित हैलीपोर्ट के तैयार हो जाने से उड़ान योजना के तहत हैलीकॉप्टर सेवाएं सुदृढ़ हो सकेंगी यह हैलीपोर्ट न केवल पर्यटकों को सेवाएं प्रदान करेगा बल्कि आपात परिस्थितियों में भी उपयोगी सिद्ध होगा उन्होंने चौड़ा मैदान में निर्माणाधीन परिधि गृह को अक्तूबर महीने तक पूरा करने के भी निर्देश दिए ताकि सर्दियों के सीजन से पहले इसे राज्य अतिथियों और पर्यटकों के लिए खोला जा सके राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक खेती समय की मांग है उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती पर्यावरण और मनुष्य के लिए वरदान है राज्यपाल आज सोलन के नौणी स्थित डॉ वाएएस परमार बागवानी व वानिकी विश्वविद्यालय में वैश्विक विकास की दशा में कृषि पर्यावरण और व्यवहारिक विज्ञान के क्षेत्र में नवीन प्रगति विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे राज्यपाल ने इस मौके पर किसानों की आय को बढ़ाने के लिए खेत में एक ही समय में बहददेशीय आय संसाधन अपनाने पर जोर दिया ताकि किसी एक फसल के खराब होने के खतरे से भी बचा जा सके

उन्होंने अधिकारियों को विकास कार्यो में तेजी लाने को कहा ताकि आबंटित धनराशि को इसी वर्ष के दौरान खर्च किया जा सके मारकंडा आज केलंग में जनजातीय उपयोजना की त्रैमासिक समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे उन्होंने आने वाले सर्दियों के मौसम को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों को समय पर आवश्यक वस्तुओं के भंडारण के भी निर्देश दिए रामस्वरूप सांसद रामस्वरूप शर्मा ने लोगों से फिट अभियान से जुड़ने और योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आहवान किया है रामस्वरूप शर्मा आज जोगिंद्रनगर में महिला व बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित जिला स्तरीय पोषण मेले में बतौर मुख्यातिथि बोल रहे थे उन्होंने बाद में पोषण रैली को भी हरी झंडी दिखाई सांसद ने कहा कि इस तरह के मेले जहां पोषण युक्त आहार के प्रति जागरूकता लाने में अहम साबित हो रहे हैं वहीं इससे आने वाली पीढ़िया स्वस्थ व सशक्त भी बन सकेगी एचपीसीए अरुण सिंह ध्रमल हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बन गए हैं एसोसिएशन की आज धर्मशाला में हुई वार्षिक आम सभा में अरुण धूमल को सर्वसम्मति से प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया प्रदेश सरकार की ओर से चुनाव प्रभारी मनीषा नंदा ने उनकी नियुक्ति का प्रमाण पत्र जारी किया

इससे पहले केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर लगभग डेढ दशक तक एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे आज हुए चुनाव में आरपी सिंह को एसोसिएशन का उपाध्यक्ष सुमीत शर्मा को सचिव और अभिनीश परमार को कोषाध्यक्ष चुना गया

इस कार्य के लिए सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है मुख्य सचिव आज शिमला में इस अभियान के संदर्भ में विभिन्न विभागों और अन्य संगठनों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे बाल्दी ने कहा कि सरकार प्रदेश में नशे की रोकथाम के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है उन्होंने सभी विभागों के प्रतिनिधियों को इस अभियान के लिए समय पर तैयारी करने के निर्देश दिए सैजल सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने दिल्ली में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद यसो नायक से भेंट की सैजल ने इस दौरान सोलन जिला के सुबाथू सैन्य क्षेत्र में रह रहे आम नागरिकों के हितों की रक्षा का मुद्दा उठाया उन्होंने मंत्री को कैंट अधिकारियों और आम नागरिकों के बीच चल रहे विवाद की विस्तृत जानकारी दी सैजल ने श्रीपद नायक से कैंट में रह रहे आम नागरिकों के हितों की रक्षा करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया सैजल ने बताया कि केंद्रीय मंत्री ने इस मामले पर नियमानुसार उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है बिंदल विधानसभा अध्यक्ष डॉ राजीव बिंदल ने कहा है कि सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से संसदीय कार्यप्रणाली के कार्यों को और बेहतर बनाया जा सकता है

बिंदल ने इस दौरान लोकतंत्र की मजबूती के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग विषय पर अपने विचार रखे उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से हम अपने रोजमर्रा के कार्यों को कागज रहित कर समय और धन की बचत कर सकते हैं प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर बाद साढ़े सात बजे न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे इस संबोधन का आकाशवाणी के विभिन्न नेटवर्क से सीधा प्रसारण किया जाएगा मौसम हिमालय क्षेत्र में सक्रिय ताजा पश्चिमी विक्षोभ के चलते आज प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर व्यापक से भारी वर्षा हुई इस कारण कई स्थानों पर जनजीवन भी प्रभावित हुआ और तापमान में भी जोरदार गिरावट आई है

अन्य स्थानों पर भी व्यापक वर्षा हुई है भारी वर्षा के चलते भरमौर पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग रजेरा के पास भूस्खलन के कारण कई घंटे बंद रहा उधर ऊना के टाहलीवाल में आसमानी बिजली गिरने से पांच ट्रांसफार्मर जल गए खराब मौसम के कारण आज दिल्ली भुंतर चंडीगढ़ के बीच एयर इंडिया की उड़ान भी नहीं हो पाई भारी वर्षा और तेज हवाओं के कारण राज्य के निचले इलाके में मक्की की फसल को भी व्यापक नुक्सान हुआ है